नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं और अनेक गांव प्रभावित हुए हैं बारिश की वजह से रायपुर दूर्ग और धमतरी सहित अन्य जिलों के स्कूलों में आज भी अवकाश रहा कई जिलों के स्कूलों में कल भी अवकाश घोषित किया गया है राजधानी रायपुर में खारून नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी पुल के ऊपर से बह रहा है जिससे यहां पर आवागमन बाधित रहा खरोरा से रायपुर मार्ग के बीच सारागांव के पास कोल्हान नाला का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है वहीं राजधानी की निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रायपुर कलेक्टर ने रिसदा समोदा बांध के क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है और यहां पर एनडीआरएफ की टीम को सतर्क रहने के लिए कहा गया है

इस बीच जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज गंगरेल बांध का निरीक्षण किया और स्थिति पर निगरानी के निर्देश अधिकारियों को दिए

उधर दुर्ग जिले में भी अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं

कांकेर जिले में भारी बारिश के कारण सभी बांधों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया है यहां मैनखेड़ा बांध फूटने से खेतों में पानी भर गया जिससे फसलों को नुकसान होने की खबर है गरियाबंद जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण पांच सौ से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए वहीं बड़े पैमाने पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है

राजधानी रायपुर के चिंगरी नाला में तेज बहाव के कारण मोटरसाइकिल सवार एक युवक बह गया बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचा लिया गया वहीं महासमुंद जिले में पिथौरा धनोरा मार्ग पर बने पुलिया को पार कर रहे मोटरसाइकिल सवार तीन युवक बह गए जिनमें से दो को बचा लिया गया जबकि एक युवक की पानी में ड्बने से मृत्यु हो गई इस बीच मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान बस्तर दुर्ग रायपुर और बिलासपुर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है वहीं अड़तालीस घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है मौसम विभाग के अनुसार ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा उत्तरी ओडिशा और उसके आसपास बना हुआ है इसके असर से ही प्रदेश में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव अजय सिंह ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं आज रायपुर में बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की बैठक में उन्होंने विभिन्न जिलों में लगातार बारिश से उत्पन्न बाढ़ की रिथिति की समीक्षा की मुख्य सचिव ने जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और द्र्गम क्षेत्रों में खाद्य भंडारण की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराया जाए और सभी जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम में चौबीस घंटे कर्मचारी मौजूद रहे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह वित्त मंत्री अरूण जेटली भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता पार्टी मुख्यालय में हो रही बैठक में भाग ले रहे हैं इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए ओपी चौधरी भाजपा रायपुर के पूर्व कलेक्टर ओमप्रकाश चौधरी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है दो हजार पांच बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री चौधरी सेवा से त्यागपत्र देने के बाद आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हए इस बीच राज्य सरकार ने दो हजार सात बैच के आईएएस अधिकारी बसव राजू को श्री चौधरी के स्थान पर रायपुर का नया कलेक्टर बनाया है इसके पहले वे कौशल विकास के साथ उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे श्री राजू ने आज रायपुर कलेक्टर का पदभार भी ग्रहण कर लिया माओवादी समर्थक गिरफ्तार महाराष्ट्र पुलिस की विशेष टीम ने आज देश के विभिन्न स्थानों में छापेमारी करते हुए माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें छत्तीसगढ़ की ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज और हैदराबाद निवासी वामपंथी कवि बारबरा राव भी शामिल है यह छापेमारी बीते दिनों महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव इलाके में हिंसा के बाद जांच के लिए बनी विशेष टीम ने की स्पेशल ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से रेल यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए तीन विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं यह ट्रेन सिकंदराबाद और बरोनी स्टेशन के बीच सप्ताह में एक दिन चलाई जाएगी वहीं सिकंदराबाद और दरभंगा के बीच सप्ताह में दो दिन और हबीबगंज से पुरी के बीच प्रत्येक मंगलवार को विशेष ट्रेन चलाई जाएगी संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक आयोग के नए लोकायुक्त न्यायमूर्ति टीपी शर्मा को शपथ दिलाई राज्य सरकार ने आज प्रदेश के दो सौ सड़सठ उप निरीक्षकों का तबादला आदेश जारी किया है

इनमें दो प्रधान मुख्य वन संरक्षक भी शामिल हैं

उसका उपचार रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था